मंडी जिले में जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लड़भड़ोल में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनमंच की अध्यक्षता की

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिले में चौपाल के कुपवी में कार्यक्रम की अध्यक्षता की हमीरपुर जिले के पटलांदर में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र के दरीणी में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने चम्बा जिले के भरमौर में जनसमस्याएं सुनीं सोलन जिले का जनमंच कार्यक्रम नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामशहर में आयोजित किया गया जहां मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा मौजूद रहे कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कुल्लू जिला के निरमण्ड वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने स्पीति के काज़ा और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने रेणुका के बोगधार में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने ऊना सदर में जनमंच कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं को सुना प्रकोष्ठ केन्द्र सरकार ने देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय की कारगर निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्वार करने को कहा है केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पुनरभरण की निगरानी करेगा पहली जुलाई को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

विमोचन उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की पुस्तक लैंड रजिस्ट्रेशन ग्लोबल प्रैक्टिसिज एण्ड लेसन्ज फॉर इंडिया का विमोचन किया इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भूमि हस्तांतरण और पंजीकरण को लिटिगेशन मुक्त बनाने के लिए व्यापक आदर्श कानून की आवश्यकता पर बल दिया शोभा यात्रा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन मे भगवान श्री जगन्नाथ की आज भव्य रथयात्रा निकाली गई विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस अवसर पर राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है ताकि पर्यटक शहर की ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन कर सकें खेल खेल व युवा सेवा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि साहसिक खेलों को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में भी सरकार कारगर कदम उठा रही है इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश अगले वर्ष होने वाले पहले एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा कार्यशाला शिमला जिले के रोहडू में कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती विषय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन किया इस अवसर पर पद्मश्री सुभाष पालेकर ने करीब दो सौ बागवानों को प्राकृतिक खेती विषय पर अहम जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कैमिकल मुक्त होती है और इससे किसान कम लागत में अधिक आय अर्जित कर सकते हैं

मांग गैर सरकारी संस्था उमंग फाउंडेशन ने उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग की है संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और ट्रस्टी सुरेन्द्र कुमार ने आज शिमला में पत्रकारवार्ता में उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही दिव्यांगजनों की अन्य समस्याओं का भी समाधान करेगी

इधर राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय हल्की वर्षा हुई

मध्यम पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है दूसरी ओर भारी वर्षा की चेतावनी के चलते चंबा जिला प्रशासन ने लोगों को अत्यधिक वर्षा संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है उपायुक्त विवेक भाटिया ने इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके